मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया

उन्होंने कहा है कि हमारा संविधान हमें जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है वहीं यह अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे कायदे कानूनों का भी उतनी ही निष्ठा से पालन करें बाइट मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि सबधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और ज्यादा अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करना है बाइट मेरी सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि तीन नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थीं उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं

उन्होंने कहा कि वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं

कोरोना महामारी के इस समय में जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति हर देश इससे प्रभावित हुआ आज भारत एक नए सामर्थय के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है श्री कोविंद ने कहा कि जहां एक ओर जनता को महामारी से बचाने के प्रयास लगातार जारो हैं वहीं देश की अर्थव्यवस्था महामारी से हुए नुकसान से उबर रही है राष्ट्रपति ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत ने दुनिया के कई देशों को कोरोना महामारी के लाखों टीके मूफ्त उपलब्ध कराकर मानवता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह किया है

उन्होंने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है

इसमें सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था की विकास दर में सुधार होने का संकेत दिया गया है

सर्वेक्षण में कहा गया है कि निर्यात और सरकारी उपभोग में बढ़ोतरी होने से अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिलसिला रोकने में मदद मिलेगी इसमें यह भी बताया गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर सात दशमलव सात प्रतिशत रहने का अनुमान है

इस बीच संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण की प्रति भी लोकसभा में प्रस्तुत की गई लोकसभा ने अपने वर्तमान सांसद सुरेश अंगाडी और पूर्व सांसद राम विलास पासवान तरूण गोगोई मोती लाल वोहरा जसवंत सिंह अहमद पटेल और कुछ अन्य सदस्यों के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया इसके बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि यह दशक भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका पूरा पूरा उपयोग करते हुए दशक के दौरान राष्ट्र से संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए संसद में बजट सत्र की शुरूआत से पहले संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि संसद का यह सत्र इस दशक की शुरूआत के साथ हो रहा है और इस साल के बजट को उन चार पांच मिनी बजटों का ही हिस्सा माना जाना चाहिए भारत के इतिहास में पहली बार वर्ष के दौरान इस तरह के चार पांच बजट पेश किए बाइट इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्भिम अवसर अब देश के पास आया है इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हों सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो ये देश की अपेक्षाएं हैं श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी सांसद लोकतंत्र की तमाम सीमाओं का पालन करते हुए जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे

एमएलसी बिदाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र का आधार विधायिका है सशक्त और समर्थ विधायिका लोकतंत्र की जड़ों को शक्तिशाली बनाती है सशक्त और समर्थ विधायिका के लिये सदस्यों द्वारा सदन में प्रभावी संवाद आवश्यक है मुख्यमंत्री आज लखनऊ के विधान भवन स्थित तिलक हाल में पदावधि के अवसान पर निवृत्त हुए विधान परिषद के सदस्यों के विदाई समारोह में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि सदस्यों द्वारा निष्ठा समर्पण लगन एवं ईमानदारी के साथ दायित्वों के निवर्हन पर समाज का जो भला हाता है वहीं कार्यकाल को स्मरणीय बनाता है उन्होंने सदस्यों के उज्ज्वल भविष्य एवं स्वस्थ व दीर्घायू जीवन की कामना की मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल के उच्च सदन विधान परिषद ने देश में विधायिका की गरिमा के मानदंड स्थापित किय हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश का सबसे बड़ा विधानमंडल है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना टीकाकरण कार्य को पांच फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि आज भी प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया आगामी चार और पांच फरवरी को शेष स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण पूर्ण किया जाये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज किये जाने के बावजूद अभी भी प्रत्येक स्तर पर पूरी सजगता बरतना आवश्यक है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का टेस्टिंग कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाये कांटेक्ट ट्रेसिंग सर्विलांस सिस्टम तथा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर को प्रभावी रखा जाय